मंदिरों और पाण्डालों में ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं आज मॉ भगवती के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना का दिन है प्रदेश भर के शक्तिपीठो और देवीमंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्वालुओं की भारी भीड है मिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्व शक्तिपीठ विन्ध्याचलधाम में ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालु माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं माँ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर की ओर जाने वाली सभी गलियों में भीड का भारी दबाव है विन्याचल का नवरात्र मेला आज अपने चरम पर है उधर बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर श्रद्वाल्ओं की भारी भीड़ लगी हुई है सीतापुर जिले के नैमिषारण्य स्थित में ललिता देवी मंदिर और वाराणसी के दुर्गाकुण्ड पर भी श्रद्वालुओं की लम्बी कतारे लगी हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दुर्गा मन्दिरों को विशेष रूप से इस अवसर पर सजाया और संवारा गया हैं श्रद्वालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गए हैं मिर्जापूर स्थित प्रसिद्व विंध्यवासिनी मंदिर बलराम पूर के देवीपाटन मंदिर और सहारनपूर में माँ शाकम्मरी देवी के मंदिर पर श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी हुई हैं नवरात्री का नौ दिन का प्रत कल समाप्त हो जाएगा और अगले दिन दशहरा मनाया जाएगा एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखप्र जिले के ग्रमीण अंचल में स्थित तरक्लहा देवी मंदिर और महराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर पर भी नवरात्र मेला अपने चरम पर है गोरखपुर नगर में गोलघर के कालीमंदिर और बसियाडीह मंदिर पर श्रद्वालुओं की भारी भीड़ है उधर द्र्गा पूजा महोत्सव भी जोरो पर है पाण्डालों में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के पट्ट कल खोल दिए जाने के बाद पाण्डालों में श्रद्वालुओं की भीड़ बढ़ गयी है विमिन्न पाण्डालों द्वारा भगवती जागरण सहित विविध धार्मिक कार्यक्रम तथा अनुष्ठान किए जा रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आज परम्परागत ढंग से माता भगवती के आठवें स्वरूप महागौरी की उपासना की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाअष्टमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है श्री कोविंद ने कहा कि दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह त्यौहार इस विश्वास को मजबूत बनाता है कि सत्य और न्याय की जीत होती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कामना की है कि देवी दर्गा लोगों के जीवन में प्रसन्नता सौभाग्य और समृद्वि लाए प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई दी है मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से यह पर्व पारस्परिक सदभाव और सौहार्द के वातावरण में मनाने की अपील की है पचासवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बीस से अट्ठाईस नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि समारोह में छिहत्तर देशों की फिल्में प्रदर्शित की जायेंगी

इसके अलावा सैकड़ों देशी विदेशी और क्षेत्रीय कलाकार भी इसमें शिरकत करेंगे

श्री जावडेकर ने कहा कि इस समारोह में पहली बार दिव्यांगजनों के लिए भी फिल्म प्रदर्शित की जायेगी उन्होंने कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का यह स्वर्ण जयंती आयोजन होगा और इस अक्सर पर पचास वर्ष पूरा करने वाली विमिन्न भाषाओं की बारह सुप्रसिद्ध फिल्में प्रदर्शित की जायेंगी लखनऊ आनन्द विहार डबल डेकर ट्रेन की दो बोगियां आज मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के निकट पटरी से उतर गयीं दुर्घटना में किसी यात्री के घायल होने का समाचार नहीं है डी आर एम मुरादाबाद तरूण प्रकाश ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब दस बजकर पन्द्रह मिनट पर कटघर और मुरादाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच हुई हादसे के तुरंत बाद पटरी मरम्मत कर रेलमार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर ने ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के स्थान पर कुछ नए पटाखें विकसित किए हैं इनसे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकल असर नहीं पड़ेगा स्वास्थ्य और परिवार कत्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में सीएसआईआर द्वारा विकसित अनार पेंसिल और चक्करी जैसे अधिक मांग वाले पटाखे दिखाए उन्होंने घोषणा की कि ये पटाखे अब विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए बाजार में उपलब्ध हैं